केन्द्र सरकार जल प्रशासन ढांचे और नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जल नीति में करेगी संशोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वस्थ भारत के निर्माण का आहवान किया है आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ई सिगरेट का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने स्वस्थ भारत निर्माण के उददेश्य को लेकर ही ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है उन्होंने कहा कि भारत में ये बीमारी समाज में जड़े न पकड़े इसी के लिए जरुरी है कि युवाओं को बताया जाये कि ईसिगरेट भी बहुत नुकसानदायक है उन्होंने भारत वासियों से तम्बाकू को व्यसन छोड़ने को कहा प्रधानमंत्री ने आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्यौहारों में आने वाली खुशियों से वंचित हो जाते हैं ऐसे में लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के बाद मेदवेदेव की स्पीच में सहजता और परिपक्वता हर किसी को प्रभावित करने वाली थी

उन्होंने सभी देशवासियों से इसमें भाग लेने की अपील की

पर्यटन सूचकांक में भी उल्लेखनीय सुधार किया है उन्होंने देशवासियों से इसे बनाये रखने को कहा

जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में छठे भारतीय जल सप्ताह के समापन सत्र में बताया कि राष्ट्रीय जल प्रयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की जाएगी उन्होंने कहा कि देश में जल प्रशासन ढांचे के लिए प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं के स्थान पर जल सीमाएं होनी चाहिए

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने कोन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा

उधर नागौर में भी शारदीय नवरात्रा के अवसर पर देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता के मंदिर में नवरात्र के अवसर पर आज सुबह से ही श्रद्दालुओं की भीड़ लगी हुई है बीएसएफ ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम किये हैं उधर बांसवाड़ा के शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में आज शुभ मुहूर्त में दोपहर को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष में घट स्थापना की जाएगी

जिससे सडकों पर पानी भर गया है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है श्रीगंगानगर में कल देर रात कुछ स्थानों पर बारिश हुई